थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा हमारी सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हमेशा हैं तैयार

प्रदेश के कई जिलों में रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु होने पर तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी पूरे देश में पांच करोड़ किसान इस योजना से लाभावित होंगे इस योजना में अगले तीन वर्ष के लिए दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपए रखे गए हैं झारखंड में इस योजना के तहत अभी तक एक लाख सोलह हजार से ज्यादा किसान पंजीकरण करा चुके हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और स्व रोजगार करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की भी शुरूआत की इस योजना का उद्देश्य इन लोगों को साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर कम से कम तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराना है इससे लगभग तीन करोड़ छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले एक सौ दिन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर लोगों के विकास के कई कदम उठाये गए हैं देश से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करने का स्थान रहा है जिससे गरीबों और जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है ऐसे समाज के सभी वर्णों को बढ़ापे में मुसीवत में जीना न पड़े उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आयी है

प्रधानमंत्री ने लोगों से प्लास्टिक की वस्त्ओं के उपयोग का बहिष्कार करने को कहा उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण अभियान में सहयोग मांगा श्री मोदी ने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिये राज्य के साहिबगंज में निर्मित देश के दूसरे नदी जल मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया इसकी लागत दो सौ नबे करोड़ रुपए है इससे विहार और झारखंड के उद्योगों को विश्व बाजार से जोड़ा जा सकेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशमर में चार सौ बासठ एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल परियोजना की शुरूआत की जिसमें से उन्हत्तर झारखंड में होंगे थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार है और इस मुद्दे पर निर्णय लेना सरकार पर निर्भर है जनरल रावत कल अमेठी जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनको यह समझना जरूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है

अब जिस तरह की सहलियत जम्मू कश्मीर की आवाम को होगी वो जब उसको देखंगे तभी समझेंगे हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं अमन शांति बहाल करने में सुरक्षा बल वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी अन्य संस्थाएं हैं उनको एक मौका दें जमियत उलेमा ए हिन्द ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और घाटी के लोगों का कल्याण भारत के साथ एकीकरण में निहित है लगभग एक करोड़ भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने वाले जमायत ने कहा कि किसी भी तरह का अलगाववादी विचार न केवल भारत बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए भी हानिकारक है नई दिल्ली में कल जमीयत की सालाना बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान और कुछ भारत विरोधी ताकतें कश्मीर को तबाह कर रही हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सभी कश्मीरी भारतीय हैं बाद में संवाददातओं को सम्बोधित करते हए जमायत के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने पाकिस्तान के उस प्रयास को खारिज कर दिया जिसमें दुनिया को दिखाया जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों का अलग दृष्टिकोण है प्रदेश में राज्यसभा की दो सीटो के उप चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ और सुरेन्द्र नागर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन के समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे किसी अन्य पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया है नामांकन भरने का कल अंतिम दिन था राज्यसभा की इन दोनों सीटों का कार्यकाल चार जुलाई दो हजार बीस तक है नामांकन से पूर्व एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के सम्मान के लिये काम करता है उन्होंने कहाँ कि केन्द्र में श्री मोदी और प्रदेश में श्री योगी के नेतत्व में सरकारे गांव गरीब किसान नौजवान अनुसूचित अगड़े पिछड़े सभी के जीवन स्तर को सुधारते हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमें जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में छः सौ अड़तीस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए किचन गार्डन योजना का श्मारम्भ किया इस योजना का उद्देश्य बच्चों को अधिक पौधे फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ दोपहर के भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जिले के गौरीगंज स्थित नवोदय विद्यालय में आशा कार्य कत्रियों के सम्मेलन की शुरूआत की कार्यक्रम में जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली आशा बहुओं को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कल नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक् अधिकारियों के समापन समारोह में शामिल हए समारोह को संबोधित करते हए श्री खरे ने अधिकारियों को कठिन परिश्रम और प्रतिबद्वता के साथ काम करने की सलाह दी उन्होंने कहा सबसे पहले और सबसे जरूरी सलाह आपको देना चाहूंगाकि आप कठिन परिश्रम करे प्रतिबद्वता के साथ

मध्य कमान लखनऊ स्थित छावनी में कल से सैनिक जनरल ड्यूटी के रूप में महिला सैन्य पुलिस भर्ती शुरू हो गयी इस भर्ती में चयनित चार हजार पांच सौ अटठावन महिला अभ्यर्थी चयन की अगली प्रक्रिया में भाग ले रही हैं इस दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक माप फिटनेस परीक्षण और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया कल तक पूरी की जायेगी इस परीक्षण व जांच में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण पन्द्रह सितम्बर को किया जायेगा सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के निदेशक भर्ती कर्नल आशुतोष मेहता ने बताया कि कल पहले दिन इस भर्ती प्रकिया में पांच सौ पन्चानबे बालिकाओं ने हिस्सा लिया आज प्रदेश के जिन पच्चीस जनपदों की महिला अम्यर्थी इस रैली में भाग लेंगी उनमें बागपत बिजनौर मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली अमरोहा बुलंदशहर गौतमबुद्दनगर गाजियाबाद रामपुर हापुड़ मैनपुरी एटा इटावा झांसी जालौन आगरा अलीगढ़ फिरोजाबाद हाथरस कासगंज और मथुरा शामिल हैं कल यानी चौदह सितम्बर को प्रदेश के शेष जनपदों और उत्तराखंड की अभ्यर्थी रैली में भाग लेंगी हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल हुए एक भीषण हादसे में छः लोगों की मौत हो गयी यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक में पीछे से जाकर टकरा गयी दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान मेरठ अस्पताल में दम तोड़ दिया प्रदेश में अनंत चतुर्दशी का त्योहार श्रद्वा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया गोरखपुर कुशीनगर लखनऊ कानपुर सम्भल औरैया इटावा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर लोगों ने ध्मधाम से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही दस दिनों तक चला गणेश उत्सव कल सम्पन्न हो गया प्रदेश में लखनऊ कानपुर फतेहपुर कन्नौज बरेली पीलीभीत चन्दौली मैनपुरी कौशाम्बी हमीरपुर गोरखपुर महराजगंज कुशीनगर सहित कई क्षेत्रों में रूक रूक कर हो रही वर्षा से जहां लोगों को उमस भरी गरमी से राहत मिली है वहीं इस वर्ष से किसानों को भी लाभ हो रहा है